लॉकडाउन के कारण फंसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को अस्थायी आश्रय गृह भोजन तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है गृह मंत्रालय ने अपने ताजा निर्देशों में संबंधित राज्यों से कहा है कि अपने घरों को लौट रहे प्रवासी लोगों को नजदीकी आश्रय गृहों में ठहराने की व्यवस्था की जाए

मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मजदूरो और विद्यार्थियों को मकान खाली करने पर बाध्य करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के भीतर और बाहर फंसे प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि लोग जहां हैं वहीं बने रहें उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पैदल आने जाने वाले लोगों पर भी रोक लगाई जाए उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य से आए लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की सहायता ली जाए जयराम ठाकुर ने कहा कि जो लोग पहले ही प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित क्वारंटाइन केन्द्रो में रखा जाए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जो लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं उनके लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और चण्डीगढ़ में फंसे हिमाचलियों की सुविधा के लिए हिमाचल भवनों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं जहां इनके भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं सिरमौर व्यवस्था सिरमौर के उपायुक्त आरके परूथी ने कहा है कि क्वारंटाइन के लिए कालाअंब और पांवटा साहिब में एक एक हज़ार बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी

किन्नौर डीसी इस बीच ज़िला किन्नौर में विभिन्न कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों और प्रदेश के विभिन्न भागों से ज़िले में काम करने आए मजदूरों के खानपान और ठहरने का प्रबंध प्रशासन की ओर से किया जा रहा है ज़िला उपायुक्त गोपाल चंद ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उपमण्डल अधिकारियों और पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं चम्बा व्यवस्था इस बीच जिला चम्बा में बाहर से आने वाले लोगों के लिए सीमा पर तुन्नुहट्टी लाहडू और हटली में बफर क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है

चम्बा में दो दिन पर्व में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कर्फ्यू के नियमों का सख्ती से पालन करने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है सूबे में एक से दूसरे जिले में पैदल जाने पर भी रोक पलायन पर केंद्र सख्त डीसी और एसपी होंगे जिम्मेदार सीएम का उपायुक्तों को निर्देश क्वारंटाइन केंद्रों में रखे जाएं बाहरी राज्यों से पहुंचे लोग इसी खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है हिमाचल में सड़कों के बाद पैदल मार्ग भी किए सील हिमाचल दस्तक के शब्द हैं अभी सील रहेगा हिमाचल का बॉर्डर सीएम ने कहा पांच दिन तक ना कोई आए और ना जा पाएं वायरस संभावितों पर मोबाइल एप्प से नज़र पंजाब केसरी का शीर्षक है प्रदेश और अन्य राज्यों में फंसे हिमाचली न छोड़ें अपना स्थान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया आग्रह जिलाधीशों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस

हाई प्रोटीन डाइट से सुधरी कोरोना पोजिटिव की सेहत शीर्षक से अमर उजाला लिखता है टांडा मैडिकल कॉलेज में मरीज का उपचार करने वाली टीम ने किया खुलासा हिमाचल दस्तक के शब्द हैं टांडा में भर्ती युवक दूसरे दिन भी नेगेटिव अब मिलेगी छूट्टी

एचआरटीसी दो अप्रैल तक जारी करेगा वेतन और पैंशन अमर उजाला की एक ख़बर है विचाराधीन कैदियों को मिलेगी अस्थाई ज़मानत दिव्य हिमाचल व पंजाब केसरी की एक सी सुर्खी है हिमाचल में सरकारी स्कूल व डाइट होंगे निगरानी केंद्र दैनिक सवेरा टाइम्स की एक ख़बर है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

नमस्कार